कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों में दी गयी छूट देशभर में आज से दो सौ रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू

कोविड उन्नीस महामारी से प्रदेश में तेईस लोगों की मृत्यु

और आज से देशभर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू

प्रदेश में लॉकडाउन का पांचवा चरण आज से शुरू हो गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस चरण में बसें चलेंगी निजी वाहनों को पास की आवश्यकता नहीं होगी जबकि आठ जून से शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी खोले जा सकेंगे इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी पांचवें चरण में केन्द्र सरकार के लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जायेगा राज्य में सार्वजनिक परिवहन के बस ऑटो समेत अन्य वाहनों के संचालकों को किराया नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया गया है वहीं परिवहन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि यात्रियों को बिना मास्क पहने सफर करने की अनुमति नहीं होगी वाहन में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है वाहन में पान खैनी तम्बाकू और गुटखा का उपयोग प्रतिबंधित है बस और टैक्सी स्टैंड में जहां तहां थ्रकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा इधर सरकार ने सभी जिलों को अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक बस और टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बसों में जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जाये देशव्यापी लॉकडाउन के पांचवे चरण में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से कई प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है सामान्य क्षेत्रों में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी शेष गतिविधियां आठ जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी आठ जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वारा श्रद्वालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है होटल रेस्टोरेंट आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी आठ जून से आगंतुकों से जीवंत हो उठेंगे स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान तीस जून तक बंद रहेंगे अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल जिनमेजियम स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देशमर में अग्निम आदेश तक निषिद्ध रहेंगे आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली लॉकडाउन के पांचवे चरण में दी जा रही विभिन्न प्रकार की छूट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात में देश के लोगों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धीरे धीरे उद्योग और व्यवसाय भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं

ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दो गज की दूरी का नियम हो मुंह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके तो वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लडाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है देशभर में आज से दो सौ यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो रहा है इसमें बिहार के लिये अड़तालीस रेलगाड़ियों के साथ ही राज्य से गुजरने वाली बीस विशेष ट्रेन भी शामिल हैं पटना गया दरभंगा मुजफ्फरपुर और सहरसा सहित राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों से इन यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन होगा देशभर में लगभग छब्बीस लाख यात्री तीस जून तक के लिए पहले ही टिकट ब्रक करा चुके हैं रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिये विशेष दिशा निर्देश भी जारी किये हैं आज सुबह पटना जंक्शन से पटना हावड़ा तथा पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई राज्य में चलने वाली प्रमुख ट्रेन में श्रमजीवी एक्सप्रेस पूर्वा एक्सप्रेस महानंदा एक्सप्रेस राजेन्द्र नगर नई दिल्ली सम्पूर्णक्रांति दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस और मूजफ्फरपूर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं यात्रियों को आवश्यक जांच के लिए ट्रेन ख़ुलने से डेढ़ घंटा पहले निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने के निर्देश दिये गये हैं वहीं ट्रेन के भीतर टीटीई भी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे कोविड उन्नीस महामारी से दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं सरकार ने दुकानदारों से कहा है कि आज से शुरूअनलॉक वन में उन्हें अपना कारोबार फिर से शुरू करने को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए

मुद्रा शिशु लोन के रूप में लघु व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये की ब्याज सहायता देने की घोषणा की गई है इस योजना के तहत एक लाख लामार्थी एक वर्ष के लिए दो प्रतिशत का ब्याज लाभ हासिल कर सकते हैं सड़क के किनारे स्थित फेरी वालों के लिए पांच हजार करोड़ रूपये की पैकेज की घोषणा की गई है

इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकते हैं भूपेन्द्र सिंह के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी नई दिल्ली प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ बयालीस मामले की पूष्टि होने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार आठ सौ सात हो गयी है राज्य में अबतक किसी एक दिन में संक्रमितों की यह सबसे बड़ी संख्या है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बत्तीस मामले बेगूसराय में मिले हैं वहीं भागलपुर में बीस पूर्णिया में तेरह शेखपुरा और किशनगंज में सात सात गया में छह पटना और जमुई में चार चार तथा खगड़िया में तीन लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है संक्रमितों में सोलह महिलाएं शामिल हैं विभाग ने बताया कि संक्रमितों में से दो हजार पांच सौ उनहत्तर संक्रमित दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं इधर भागलपुर और बेगूसराय जिले के एक एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या बढ़कर तेईस हो गई है प्रदेश में अब तक एक हजार पांच सौ बीस व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं इधर देशभर में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख नब्बे हजार पांच सौ तैंतीस हो गई है इस महामारी से संक्रमित लगभग बानवे हजार लोगा इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं अब तक इस महामारी से पांच हजार तीन सौ चौरानवे लोगों की मृत्यु हुई है वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि दिन प्रतिदिन की आदतों में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर कोविड उन्नीस महामारी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है नई दिल्ली स्थित एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों को सुझाव दिया कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखने हाथ धोने और खांसते समय शिष्टाचार का पालन करने पर विशेष ध्यान दें

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड उन्नीस संक्रमण की जांच के मामले में भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है उन्होंने कहा कि देश में किए जा रहे उपायों के वांछित परिणाम सामने आए हैं

दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डटकर मुकाबला देने में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आज से शुरू हो गयी है बिहार सहित देश के बीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके तहत सड़सठ करोड़ लोगों को सस्ते अनाज की सुविधा मिलेगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान पिछले दिनों कहा था कि इस योजना से यह फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो उसका राशन खरीदने के लिए दूसरे राज्यों में भी लाभार्थी उपयोग कर सकते हैं इससे गरीब परिवारों विशेषकर प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले एक वर्ष के दौरान उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने राशन कार्ड प्रणाली को नया रूप देने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दो हजार उन्नीस पारित करने जैसी कई महत्वपूर्ण पहल की है

जोकि कोरोना वायरस महामारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टब्लियटी की कवायद को भी शुरू किया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जनवरी तक सभी राशन कार्डो को आधार से जोड़ दिया जाएगा

प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है आज तेईस ट्रेन से इकतीस हजार लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं तमिलनाडु से पांच कर्नाटक से चार दिल्ली से तीन और गोवा पश्चिम बंगाल तथा पंजाब से एक एक समेत कई अन्य राज्यों से रेलगाड़ियां आ रही हैं वहीं सूचना जनसम्पर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि पन्द्रह जून से प्रखंड स्तरीय क्वारेंटीन कोन्द्रों को बंद कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों से लगभग सात लाख चौरानवे हजार लोग अपने घरों को लौट चुके हैं सचिव ने कहा कि अब तक चौदह सौ तैंतीस विशेष ट्रेन से लगभग उन्नीस लाख सैंतालीस हजार लोग लाये गये हैं इधर आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि परसों से आपदा राहत केन्द्र बंद कर दिये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी अस्पताल क्लिनिक और नर्सिंग होम का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाये इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे जिससे अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज की सुविधा आसानी से मिल सके मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोविड उन्नीस से बचाव के लिये किये जा रहे कार्यो की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि अन्य राज्यों से आये बिहार के लोगों की पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर जाकर स्क्रीनिंग करायी जा रही है इस दौरान अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को चिन्हित कर उनकी स्क्रीनिंग करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है प्रदेश में आज गंगा दशहरा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पवित्र नदियों और सरोवरों में सुबह से ही श्रद्धालु स्नान ध्यान कर रहे हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को पर्व की बधाई दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में परिवहन सेवा शुरू होने और दुकानों के खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में आज से चलेंगी बसें वहीं अखबार ने बिहार के जिलों में कामगारों की मदद के लिए खुलेंगे केन्द्र को भी बड़ी खबर बनाया है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शीर्षक दिया है शब्दों में बयां नहीं हो सकती मजदूरों की पीड़ा

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों में दी गयी छूट देशभर में आज से दो सौ रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू

कोविड उन्नीस महामारी से प्रदेश में तेईस लोगों की मृत्यु

और आज से देशभर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू